राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवने में उन्हें शपथ दिलायेंगे

इससे पहले कल श्री महान्ती ने राज्यपाल से मुलाकात की राजभवन मेँ श्री मिश्र से महान्ती की यह शिष्टाचार भेंट थी श्री महान्ती ने कल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से भी मुलाकात की रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध में मारे गए सैन्यकर्भियों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि दो लाख से बढ़ाकर आठ लाख रूपये करने के फैसले को सैद्वांतिक मंजूरी दे दी है यह सहायता राशि थल सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष से दी जायेगी

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर ने पटाखों से होने वाले प्रदूषण और स्वास्थ्य हानि के मद्देनजर कम से कम ध्वनि प्रद्रषण वाले पटाखे बनाने की एक नई विधि विकसित की है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डा हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में सीएसआईआर द्वारा विकसित कुछ लोकप्रिय पटाखों जैसे गुलनार पेंसिल चक्र और फूलझड़ियों का प्रदर्शन किया उन्होंने बताया कि कि इस प्रकार के कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे और फुलझड़ियां बाजार में विक्रेताओं और उपमोक्ताओं के लिए उपलब्ध हैं

बाड़मेर जिले में तेल और गैस खोजने के दौरान पानी के भण्डार भी तलाशे जाएंगे

बाड़मेर जिले के माडपुरा बरवाला गांव के पास कल रात हाइवे पर बैठी गायों को बचाने के चक्कर में तीन वाहनों में टक्कर हो गई इस दौरान वाहनों में आग लगने से दो लोगों की जलकर मौत हो गई

इनमें से एक की हालत गंभीर होने पर जोधपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है उधर डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा इलाके में ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई प्रदेशमर में आज दुर्गाष्टमी परम्परागत रूप से मनाई जा रही है इस अवसर पर घरों और मन्दिरों में माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना कर कन्या भोज करवाया जा रहा है वहीं जगह जगह पाण्डाल लगाकर देवी माँ की आराधाना की जा रही है

इसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इन्तजाम किए है वहीं बांसवाड़ा में माँ त्रिपुरा सुन्दरी मॉन्दर में सुबह से ही देवी माँ के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है सीकर के जीणमाता और शाकम्भरी माता मन्दिर में भी काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर रामलीला का भी मंचन हो रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुर्गा अष्टमी के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाए दी हैं